इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केन्द्र क्षेत्र की पावर ग्रिड को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को देश का विद्युत राज्य होने का गौरव प्राप्त है उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ने शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है

एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्घन ने कपड़े के बने तीन परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया उन्होंने जन सामान्य के उपयोग के मास्क और मुंह तथा चेहरा ढकने के अन्य उपायों के बारे में लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्क संबंधी परामर्श को देखने का भी आग्रह किया

मंडी से हमारे जिला संवाददाता मुनीष सूद ने बताया है कि आज सुबह जिले में तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है शशिदत्त प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शशिदत्त ने कहा है कि कांग्रेस का काम हर मामले पर केवल विरोध करना ही रह गया है शिमला से जारी एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाकर नैतिक जिम्मेदारी निभाई है दत्त ने कहा कि भाजपा ने कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों को मास्क और मुफ्त राशन वितरित करने के अलावा कोविड फंड में अपना योगदान दिया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर लिखता है किडनी और शुगर की बीमारी से पीड़ित सरकाघाट की महिला की कोरोना से मौत आपका फैसला के अनुसार मंडी जिला के चोलथरा की महिला ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

अब ग्राहकों से ठगी पड़ेगी महंगी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है खराब सामान की बिकी पर चुकाई गई राशि लौटाने के साथ भरना होगा हर्जाना हिमाचल दस्तक की एक खबर है स्कूलों में टीजीटी के हजारों पद भरने में होगी और देरी इसी पत्र के अनुसार हर घर पाठशाला से जुड़े पांच लाख से ज्यादा बच्चे

नमस्कार